इस दौरान वे करोड़ों रूपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे कांगड़ा के जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि मुख्यमंत्री आज बैजनाथ में शीतला सकड़ी सड़क के सुधारीकरण का भूमि पूजन व नोहरा चकोल पेयजल योजना और जयरसकड़ी में आईटीआई भवन का शिलान्यास करने के अलावा आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जरियाट्रिक केयर जनता को समर्पित करेंगे जयराम ठाकुर बैजनाथ में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है

सरकार ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है पदोन्नत किए गए पुलिस अधिकारियों में चार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों को पुलिस अधीक्षक और चार उप पुलिस अधीक्षकों को अतिरक्त पुलिस अधीक्षक बनाया गया है सिरमौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह को पदोन्नत कर पुलिस मुख्यालय में अधीक्षक लीव रिर्जव लगाया गया है इसी तरह बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागमल को पुलिस अधीक्षक लीव रिर्जव पीटीसी डरोह बनगढ़ स्थित फर्स्ट आई आर बी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार को पुलिस अधीक्षक लीव रिर्जव पुलिस मुख्यालय और एएसपी सीआईडी क्राइम वीरेंद्र कालिया को सीआईडी शिमला में पुलिस अधीक्षक लगाया गया है इस बीच राज्य सरकार ने आई ए एस अधिकारी सी पाल रासू को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगाया है उन्होंने आई ए एस देवेश कुमार का स्थान लिया है जबकि देवेश कुमार मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्ति किया गया है विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण विधानसभा के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कल शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उनके विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यो के लोकार्पण करने का आग्रह किया

उपायुक्त विवेक भाटिया ने लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का आहवान किया हैं

अमर उजाला की सुर्खी है स्कूली बच्चे प्रार्थना सभा में पढ़ेंगे कोरोना वायरस से बचने का पाठ अभिभावकों को भी करेंगे सचेत जबकि पंजाब केसरी लिखता है कोरोना वायरस के कारण एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बीबीएन में दवा उत्पादन प्रभावित कॉलेज शिक्षकों पर दिव्य हिमाचल की एक खबर है पांच घंटे ड्यूटी दें कॉलेज प्रोफेसर नहीं तो कटेगा वेतन

काइम रोकने को मोबाइल ऐप लाई पुलिस शीर्षक से खबर को हिमाचल दस्तक ने सचित्र प्रकाशित किया है वहीं आपका फैसला की सुर्खी है पुलिस की आपराधिक जांच नियमावली और मोबाइल ऐप अपराध मुक्त हिमाचल लांच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने किया शुभारंभ

इसी समाचार पत्र के मुताबिक एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं तीन सौ स्कूलों में तालाबंदी की नौबत छात्रवृति घोटाले पर अमर उजाला की सुर्खी है घोटाले की सीबीआई जांच के बीच केंद्र ने तलब किया छात्रवृति ब्योरा